यह बैठक बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बुलाई गई है प्रधानमंत्री इस वर्चयूल बैठक में टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा करेंगे

प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है

वहीं देश में नौ करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं

इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया प्रधानमंत्री ने पात्र लोगों से जल्द से जल्द टीका लगवाने का अनुरोध किया देश में अब सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी उनके कार्यस्थलों पर ही कोविड के टीके लगाए जा सकेंगे

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है

वैशाली नगर झोटवाड़ा मालवीय नगर मानसरोवर बनीपार्क पत्रकार कॉलोनी प्रतापनगर सोडाला से सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं

राज्य में कोविड के बढ़ते संकमण के प्रति लोगों को सचेत करने और कोरोना गाइड लाइन की पालना करवाने को लेकर प्रशासन ने और सख्ती बढ़ा दी है करौली जिले में आज से कैलादेवी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने लोगों से कैलादेवी नहीं आने की अपील की है जिले में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है

इधर झंझनूं नगर परिषद आयुक्त ने कई स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री के लिए लोगों को समझाया और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जिले की तीन स्कूलों को कोविड गइड लाइन की अवहेलना का दोषी पाए जाने पर एक दिन के लिए सीज कर दिया गया बारां में कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन पर चालान काटे गए बीकानेर जिला प्रशासन ने भी शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी अनावश्यक रूप से लोगों के इकट्ठा होने और मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई की भारतीय सेना की ओर से स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है

इसके लिए देश के नागरिकों से ऑनलाइन प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है

लोगों को बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है वहीं कल कई जिलों में मौसम में बदलाव भी देखने को मिला विभिन्न स्थानों पर आंधी चलने से जन जीवन प्रभावित हुआ